सर्जिकल स्ट्राईक सशस्त्र बलों की शौर्य गाथा प्रदर्शित करने और उनके बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देशमर में तीन दिन का पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है इसी कड़ी में आज दूसरे दिन राज्य स्तरीय समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने भारतीय सेना अदम्य साहस की सराहना की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा सीमा पार कर की गई सर्जिकल स्ट्राईक सशस्त्र बलों की बहादुरी को प्रदर्शित करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार सैनिकों पूर्व सैनिकों व शहीदों की विघवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

जयराम ठाकुर ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आऊटरीच ब्यूरो शिमला द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया ब्यूरो के शिमला प्रभारी रितेश कपूर ने बताया कि इसमें चित्रों के माध्यम से देश की आजादी के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए संघर्ष और पराकम के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया इस दौरान सेना के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसमें मुख्यमंत्री ने भी हस्ताक्षर किए रितेश कपूर ने बताया कि सांस्कृतिक दल द्वारा देशभक्ति पर आधारित समूहगान और एक बड़ी एलईडी वॉल के माध्यम से सूचना व प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त भारतीय सेना के पराकम और सर्जिकल स्ट्राईक पर आधारित चलचित्र लोगों को दिखाए गए सेना प्रशिक्षण कमांड शिमला के सैनिकों द्वारा इस अवसर पर सेना के हथियारों का प्रदर्शन किया गया इसके अलावा कर्नल कर्मवीर सिंह पंवर और मेजर महावीर ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राईक पर आधारित एक प्रैजेन्टेशन भी दी शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप आरट्रैक्ट के चीफ ऑफ स्टॉफ लैफ्टिनेंट जनरल राजीव सरोही सहित नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे बाद में मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल शिमला का दौरा कर वहां किए जा रहे पुर्ननिर्माण कार्यों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के चबूतरा में भाजपा मण्डल द्वारा आयोजित पराक्रम दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश यदि सुरक्षित होगा तभी लोकतंत्र सुरक्षित है और राजनीति भी तभी हो पाएगी उन्होंने कहा कि सेना की वर्षो से लम्बित वन रैंक वन पैंशन की समस्या को हल करके पूर्व सैनिकों को उनके वेतन से तीन गुना पैंशन दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्जिकल स्ट्राईक करवाने का श्रेय जाता है जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के लगबलियाणा में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि देश की सेना में हिमाचल के वीर जवानों का बहुत योगदान है और भारतीय सेना अपने शौर्य व पराक्रम के लिए विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं पराक्रम पर्व को लेकर कुल्लू में हमारे प्रतिनिधि आशीष शर्मा के साथ विशेष बातचीत में पत्रकारों से बातचीत में सेवानिवृत ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने सर्जिकल स्ट्राईक को एक एतिहासिक ऑपरेशन बताते हुए इसमें भाग लेने वाले जांबाजों की बहादुरी को गर्व से याद किया

मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों के खिलाफ इस तरह की सर्जिकल स्ट्राईक होती रहनी चाहिए रामस्वरूप शर्मा ने लाहौल घाटी से सैंकड़ों पर्यटकों को रैस्कयू करने के लिए भारतीय वायुसेना का भी आभार जताया

उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न स्थानों से पांच हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि लाहौल घाटी में फंसे अप्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को रोहतांग सुरंग से निकालने का क्रम जारी और राज्य परिवहन निगम की पांच बसों के माध्यम से लगभग साढे तीन सौ लोग निकाले गए जबकि छोटे वाहनों से भी सैंकड़ों लोगों को कुल्लू पहुंचाया गया उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के कई स्थानों पर सैंकड़ों वाहनों में फंसे लोगों के लिए प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्था कर दी गई है और रोहतांग दर्रा बहाल होते ही सभी बड़े वाहनों को घाटी से बाहर निकाला जाएगा

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन और न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट इन से भी यह प्रसारण सुना जा सकेगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विघानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मपुर के हर क्षेत्र को सम्पर्क सड़क से जोड़ा जाएगा

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि पारम्परिक खेल कबड्डी को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए हरियाणा के दिकाडला में आयोजित राज्य सर्किल कबड़डी प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि खेलों से अनुशासन भाईचारा व राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है राज्यपाल ने शिक्षक समुदाय व अभिमावकों से देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपने बच्चों में नैतिक मूल्य और भारतीय संस्कृति का संचार करने का आग्रह किया इस मौके पर उन्होंने विजेता टीमों को पुरस्कार मी वितरित किए बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भारतीय संस्कृति योग के बिना अध्री है सोलन के बड़ोग में तीन दिवसीय हास्य योग साधना सम्मेलन के शुभारम्म अवसर पर उन्होंने कहा कि योग जीवन को जोड़ने का माध्यम है और जीवन की पूर्णतः योग द्वारा ही सम्मव है

सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि कांगड़ा जिले के शाहपुर में जल्द ही विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद का प्रौद्योगिकी केन्द्र खोला जाएगा

अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आज बल्ह विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की

उन्होंने महिलाओं से पोषण संबंधी जानकारी जन जन तक पहुंचाने में योगदान देने का भी आहवान किया

रणघीर शर्मा भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने श्री नैना देवी और आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाले रोपवे को लेकर प्रदेश व पंजाब की सरकार के बीच हुए समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है नैना देवी में आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दो अलग अलग समुदायों के तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले इस रोपवे से आपसी भाईचारा बढ़ेगा